बहुउद्देशीय परियोजना व ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजित पॉवर कन्क्लेव में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में ये हस्ताक्षर हुए उन्होंने कहा कि देश की तीन अग्रणी ऊर्जा एजेंसिया एसजेवीएनएल एनटीपीसी और एनएचपीसी प्रॅदेश में पनबिजली का दोहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं

जयराम ठाकूर ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के आयोजन का उद्देश्य राज्य के लिए निवेश आकर्षित करना है उन्होंने कहा कि इससे यूवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे इस मौके पर उन्होंने रूफ टॉप सोलर पीवी के प्रसंस्करण के लिए ऑनलाईन पोर्टल का भी शुभारम्भ किया शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम में देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रस्कृत किया गया है आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में राज्य क्षयरोग अधिकारी डॉक्टर आके बारिया ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से ये पुरस्कार प्राप्त किया

इसी योजना के तहत जनवरी माह में टीबी मुक्त हिमाचल पखवाड़ा पूरे प्रदेश में सफलतापूर्वक चलाया गया

अनुराग केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के स्वर्ण उद्योग को विश्व के जौहरी के रूप में स्थापित करने पर बल दिया है

अनुराग ठाकर ने गोल्ड मानिटाईजेशन स्कीम के प्रोत्साहन पर बल देते हुए इसमें धार्मिक संस्थानों की भागीदारी बढ़ार्ने की जरूरत बताई

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार न्यू इंडिया में सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और हाल ही में कारपोरेट टैक्स में कटौती और आर्थिक सुधारों से इस क्षेत्र को और बल मिलेगा ज्ञापन शिमला जिले के भूमि व भवन संघर्ष समिति के बैनर तले मर्जड ग्रीन और कोर एरिया व टीसीपी में लाए गए ग्रामीण क्षेत्रों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा प्रतिनिधिमण्डल ने सीधे तौर पर भवन नियभितिकरण व इससे संबंधित अन्य मुद्दों पर शीघ निर्णायक फैसला लेने की मुख्यमंत्री से गुहार लगाई मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया गोविंद ठाकुर उधर मनाली में टीसीपी उप समिति की जनसुनवाई में आज लोगों ने नगर व ग्राम नियोजन समिति के सदस्य व वन मंत्री गोविंद ठाकूर से टीसीपी से संबंधित क्षेत्रों को बाहर करने का आग्रह किया लोगों ने कहा कि योजना क्षेत्र में होने के कारण बिजली और पानी के कनैक्शन के लिए टीसीपी के कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं तथा मकान के नक्शे पास करवाने में भी परेशानी हो रही है गोविंद ठाकर ने कहा कि विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श और कानूनी परामर्श के बाद ही निर्णय लिया जाएगा मेंट पूर्व सांसद शांताकुमार ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न मुददों पर चर्चा की ताकि हिमाचल के सर्वागीण विकास को लेकर अधिक से अधिक योगदान दिया जा सके शांताकुमार ने राज्यपाल को अपनी लिखी तीन पुस्तके भी भेंट की राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वविद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर बल दिया है आज शिमला स्थित राजभवन में कुलपतियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में अच्छे शैक्षणिक माहौल के अलावा रोजगार से जुड़े पाद्यक्रमों को शुरू किया जाना चाहिए उन्होंने कहा वे शीघ ही हर विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे उन्होंने अन्य विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित कर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाए जाने की जरूरत पर बल दिया दीनदयाल प्रखर राष्ट्रवादी और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आज उनकी जयंती पर श्रद्दांजलि अर्पित की गई इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए शिमला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर स्वच्छता अभियान चलाया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने विशेष प्रतिमा सफाई अभियान में भाग लेते हुए शिमला के चौड़ा मैदान में स्थापित संविधान निर्माता डॉक्टर बीआर अम्बेदकर की प्रतिमा की सफाई की इस दौरान उन्होंने रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लाला लाजपतराय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार तथा लैफिटनेंट जनरल दौलत सिंह की प्रतिमाओं की भी साफ सफाई की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य केवल महान नेताओं की प्रतिमाओं की साफ सफाई करना ही नहीं बल्कि उनकी पवित्रता को बनाए रखने के साथ साथ लोगों को आसपास स्वच्छता बनाए रखने का संदेश देना है इस अवसर पर शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती नगर निगम महापौर कुसुम सदरेट सहित विभिन्न बोर्डो व निगमों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों ने भी हिस्सा लिया निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने कांगड़ा व सिरमौर जिलों के उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को चुनाव प्रक्रिया की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं आज शिमला से वीडियो कांफेसिंग के माध्यम से उन्होंने दोनों विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण प्रदान करने को भी कहा देवेश कुमार ने उपचुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की निगरानी करने और जिला प्रशासन व पुलिस को दोनों जिलों की सीमाओं के अतिरिक्त बाहरी राज्यों के साथ लगती सीमाओं पर नाके लगाने के निर्देश भी दिए बाद में उन्होंने आयकर विभाग के नोडल अधिकारी के साथ बैठक कर चुनाव के दौरान नकदी के जब्ती के मामलों की दैनिक रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन कार्यालय शिमला को भेजने को भी कहा

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने आज शिमला से जारी एक ब्यान में बताया है कि सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकूर को पच्छाद जबकि स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार को धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास का लाभ इस उपचुनाव में भाजपा को मिलेगा पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तरह की गतिविधियां आयोजित कर लोगों को पौष्टिक आहार के बारे जागरूक किया जा रहा है इसी कड़ी में लाहौल स्पिति जिला के केलंग में आयोजित एक कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं को संतुलित भोजन के बारे में जानकारी दी गई इस दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी खुशवेन्द्र ने लड़कियों में अनीभिया जैसी बीमारी को लेकर जानकारी दी बाद में स्कूली बच्चों ने पोषाहार के प्रति जागरूक लाने के उद्देश्य से केलंग में एक रैली भी निकाली